दक्षिण एशिया सुरक्षा सम्मेलन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर दिया गया जोर

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम दिलाई गई राष्ट्रीय अखंडता की शपथ

उन्होंने यह भी कहा कि यह केन्द्र देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तंत्र को मजबूती देगा

सरकार महिला सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं और बच्चों को उनके घरों में सुरक्षा सुनिश्चित कराने और उन्हें हिंसा तथा दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने पर जोर दिया है वे आज नई दिल्ली में दक्षिण एशिया सुरक्षा सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित कर रही थीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि पतियों और संबंधियों द्वारा महिलाओं के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार के तीन लाख से अधिक मामले दर्ज हैं हिंसा और दुर्व्यवहार रोकने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि मुहल्लों में ही मामले दर्ज करने के लिए केन्द्र बनाए गए हैं उन्होंने बताया कि देश में प्रत्येक महीने दस केन्द्र बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक जिले में इस तरह का कम से कम एक केन्द्र काम करने लगेगा

राज्यसभा ने इस विधेयक को आज मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पिछले सत्र में ही पारित कर चुकी थी

इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को न्यासी के पद से हटाने का प्रावधान है विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि जब लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता न्यासी बनेगा विधेयक के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार मनोनीत न्यासी को बिना कारण बताए उसकी अवधि से पहले भी हटा सकती है ग्रीन अभियान इंदौर में आबकारी विभाग द्वारा क्लीन सर्कल ग्रीन सर्कल अभियान के तहत जिले में स्वच्छता और पौधारोपण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत जिले की सभी मदिरा दुकानों पर स्वच्छता के साथ साथ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया है कि आज जिले में तीन स्थानों पर अभियान के तहत पौधे लगाए गए है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इन्दिरा गांधी की दिल्ली स्थित समाधि शक्ति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रदेश में भी श्रीमती गांधी को याद कर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किये गये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदिरा गांधी की जयंती पर उनका स्मरण करते हुये कहा कि श्रीमती गांधी का योगदान देश हमेशा याद रखेगा

ग्रामसभाओं में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास और कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई वहीं इंदौरराजगढ़ उमरिया सहित अन्य जिलों में श्रीमती गांधी को यादकर पुष्पांजलि अर्पित की गई

इस अवसर पर मंत्रालय स्थित पटेल पार्क में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय अखण्डता की शपथ दिलाई मुख्य सचिव एसआरमोहंती भी उपस्थित थे उमरिया देवास गुना शिवपुरी सहित अन्य जिलों से भी राष्ट्रीय अखण्डता दिवस मनाए जाने के समाचार मिले है लक्ष्मीबाई जयंती वीरागंना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर देशभर में उन्हें याद किया गया इस मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये आइये एक नजर डालते हैं उनकी शौर्यगाथा पर

श्री पांसे मुलताई में महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को निशुल्क ड्रायविंग लाइसेंस वितरित कर रहे थे

मंत्री श्री पांसे ने विद्यार्थियों से कहा कि वे रोड सेफ्टी नियमों का हमेशा पालन करें दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें मौसम भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर ठंड का असर दिखने लगा है हालांकि अभी सर्दी का असर कम है लेकिन एक दो दिन बाद इसमें इजाफा हो सकता है मौसम केन्द्र के अनुसार पहाड़ों में हुये ताजा हिमपात का असर उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है कुछ स्थानों पर रात के पारे में गिरावट हुई है

हालांकि ठंड का असर भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा सागर के अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी देखने को मिल रहा है जहां रात का तापमान एक से दो डिग्री तक गिर गया है

इसी क्रम में कल जनपद पंचायत पोहरी में शिविर आयोजित किया जाएगा खण्डवा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट आज खण्डवा पहुँचे

जिसमे बड़ी संख्या में छात्राओं ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया

श्री चौहान ने दूषित पानी पीने से मरने वालो के परिवार और बीमार व्यक्तियों से भी मिलें